प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख कोविड उन्नीस नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार कर प्रणाली को पारदर्शी और सुविधाजनक बना रही है आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा

ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश हैं गिने चुने देश हैं लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आपको लेकर इसमें शामिल हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष पच्चीस सितम्बर से करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने सामने की मुलाकात अनिवार्य नहीं रहेगी सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक तीन करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और वाल्मिकी नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है गंडक बराज से आज शाम दो लाख पंद्रह हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है इसे देखते हुए तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता साउंड बाईट वाल्मिकी नगर गंडक बराज से आज दो लाख पंद्रह हजार क्यूसेक से अधिक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया जिससे नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है प्रशासन द्वारा लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है वहीं लगातार हो रही बारिश से पंडई हरबोड़ा और मसान नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है जिससे निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर पानी के आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिये बेतिया से आशीष कुमार वहीं ब्रूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से

प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है लेकिन प्रभावितों की संख्या के अनुरूप यह नाकाफी साबित हो रहा है जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों में चार सौ नवासी निजी और पचहत्तर सरकारी नावों के साथ साथ दस मोटरबोट चलवाये जा रहे हैं एक सौ अस्सी जगहों पर स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है जिले में तीन पशु कैंप भी संचालित किये जा रहे हैं प्रशासन द्वारा अब तक चार सौ क्विंटल से अधिक पशु चारा पशुपालकों को उपलब्ध कराया गया है आकाशवाणी समाचार के लिये दरभंगा से मणिकांत झा समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है साउंड बाईट जिले के कल्याणपुर सिंधिया बिथान हसनपुर शिवाजीनगर सरायरंजन और मोरबा समेत आठ प्रखंडों के पैंतालीस पंचायतों की एक सौ बीस गांव जलमग्न हैं वहीं नृन नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिले के मोरवा और सरायरंजन प्रखंडों के नये क्षेत्रों में बाढ का पानी तेजी से फैल रहा है इधर पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर दरमंगा रेल खंड पर आज इक्कीसवें दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद है जिले के जटमलपुर चौक पर बागमती का पानी सडक पर अमी भी जमा है जिस कारण समस्तीपुर दरमंगा मुख्य मार्ग पर भी सडक यातायात बाधित है आकाशवाणी समाचार के लिये समस्तीप्र से कृष्ण कुमार वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का पानी लालगंज प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में फैल गया है जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं

लोगों ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है वाया नदी का पानी भगवानपुर प्रखंड के कई गांवो में फैल गया है इधर महुआ नगर पंचायत के सिंहराय पूर्वी टोला में वाया नदी के तटबंध में हुए रिसाव को स्थानीय लोगों की मदद से ठीक कर लिया गया है आकाशवाणी समाचार के लिये हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है खगड़िया और किशनगंज में स्थिति में मामूली सुधार है पूर्वी चंपारण में भी स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हो सकी हैं सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी हालांकि कम होने लगा है लेकिन बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं सारण जिले के नौ प्रखंड और सीवान के चार प्रखंड अब भी बाढ़ की चपेट में हैं इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ अट्ठाईस प्रखंडों की एक हजार दो सौ बयासी पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं अठहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख सैंतालीस हजार से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर और एक हजार छह सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है गंडक नदी का जलस्तर चटिया और डुमरिया घाट में बढ़ रहा है वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है हालांकि कई स्थानों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से एक मीटर से अधिक ऊपर है वहीं अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में स्थिरता की प्रवृत्ति देखी जा रही है महानंदा और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर बढ़ रहा है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से दो मीटर ऊपर है गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर दीघा घाट और हाथीदह में बढ़ोतरी हो रही है जबकि नदी का जलस्तर मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में स्थिर है मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज सबसे अधिक ललबगिया घाट में सोलह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है

प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख कोविड उन्नीस नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है आज एक लाख चार हजार चार सौ बावन नमूनों की जांच हुई है अब तक राज्य में तेरह लाख सतहत्तर हजार चार सौ बत्तीस नमूनों की जांच हो चुकी है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के तीन हजार नौ सौ छह नये मामलों की पूष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौरानवे हजार चार सौ उनसठ हो गयी है आज सबसे अधिक तीन सौ निन्यानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं पूर्वी चंपारण से दो सौ बीस कटिहार से दो सौ बेगूसराय से एक सौ संतानवे गया से एक सौ उनासी सहरसा से एक सौ पचहत्तर अररिया से एक सौ तिरसठ मध्नबी से एक सौ उनसठ सीतामढ़ी से एक सौ तैंतीस और पूर्णिया से एक सौ तीस मामलों की पुष्टि हुई है इसी तरह जहानाबाद से एक सौ सताईस बक्सर से एक सौ अठारह नालंदा से एक सौ दस दरभंगा से एक सौ आठ सारण से अंठानवे रोहतास से चौरानवे मुजफ्फरपुर से अठासी पश्चिम चंपारण से उनासी और भोजपुर से बहत्तर मामले पॉजिटिव पाये गये हैं अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनूसार पिछले चौबीस घंटों में दो हजार चार सौ उनतालीस लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी अब तक बासठ हजार पांच सौ सात लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर छियासठ प्रतिशत से अधिक है इस वैश्विक महामारी से एक दिन में दस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ चौरासी हो गया है राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हालांकि आज पिछले एक सप्ताह की तुलना में कम मरीज मिले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पंद्रह हजार तीन सौ इक्यासी हो गयी है अब तक पटना जिले में महामारी से इक्यानवे लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना से उत्पन्न हालात को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बीस अगस्त तक विभिन्न बिन्दुओं पर जवाब देने को कहा है न्यायालय ने सरकार से कोरोना संकट से निपटने के लिये किये गये उपायों और मरीजों की जांच तथा इलाज के लिये की गयी व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच पहुंचकर कोरोना मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली श्री प्रसाद ने कोरोना वार्ड जाकर मरीजों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को कोरोना मरीजों के इलाज और उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनोज कूमार श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोज कुमार श्रीवास्तव के निधन पर गहरी शोक संवेदना जतायी है बेगूसराय जिले में अभी छियानवे कंटेनमेंट जोन हैं इन क्षेत्रों में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन की सताईस टीमों ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छियासठ हजार नौ सौ निन्यानवे मामले सामने आये हैं एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस लाख छियानवे हजार छह सौ अड़तीस हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में रिकार्ड छप्पन हजार तीन सौ तिरासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी देश में अब तक सोलह लाख पंचानवे हजार नौ सौ बयासी लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं एक दिन में नौ सौ बयालीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सैंतालीस हजार तैंतीस हो गया है देश में स्वस्थ होने की दर सत्तर दशमलव सात सात प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर एक दशमलव नौ छह प्रतिशत है नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है साउंड बाईट जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकले

केन्द्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है कि जिसमें कहा गया है कि स्कूल दिसम्बर महीने तक बंद रहेंगे पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया

प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख कोविड उन्नीस नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल